कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र पर तकरार जारी भाजपा नेताओं ने घोषणा पत्र को बताया देश की सुरक्षा पर प्रहार कुल्लू के डोभी में पैराग्लाइडर क्रैश होने से दो लोगों की मौत चैत्र नवरात्रे के दूसरे दिन हुई मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा मंदिरों में श्रद्वालुओं की उमड़ रही है भारी भीड़ जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हिमाचल और उत्तराखण्ड से विशेष लगाव रखते हैं तथा हर मंच से दोनों राज्यों से जुड़ी यादों का ज़िक्र करते हैं उन्होंने कहा कि मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हिमालयी राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है मुख्यमंत्री आज उत्तराखण्ड के टिहरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के समर्थन में विकासनगर के समीप बरोटीवाला में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे जयराम ठाकर ने कहा कि मोदी सरकार ने दोनों राज्यों के विकास के लिए हर संभव सहायता की है और अब लोकसभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी को जनता के आशीर्वाद व समर्थन की आवश्यकता है अनुराग सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और सांसद व हमीरपुर से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वीवीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड हैलीकॉप्टर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पेश की गई चार्जशीट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की चुप्पी संदेहास्पद है उन्होंने कहा कि पूर्व यूपीए सरकार में देश में जल थल और नभ में ऐसा कोई स्थान नहीं बचा था जहां भ्रष्टाचार न हआ हो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर भी जवाब देना चाहिए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का हाथ देश तोड़ने वालों के साथ है

उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर अब हमीरपुर की दमदार आवाज़ बनेंगे और दिल्ली से हमीरपुर के हक लेकर आएंगे अग्निहोत्री ने कहा कि रामलाल ठाकुर पर जो विश्वास पार्टी हाईकमान व प्रदेश नेतृत्व ने दिखाया है उस पर सभी पार्टीजन एकजुटता के साथ खरा उतरेंगे पवन काजल कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार पवन काजल ने आज मां बजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर अपना चुनाव प्रचार विधिवत आरंभ किया काजल ने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में परिवर्तन की लहर चल रही है और कई भाजपा नेता भी उनके संपर्क में हैं काजल ने बाद में पारोर स्थित राधा स्वामी आश्रम का दौरा भी किया और चुनाव के लिए स्वामी का आशीर्वाद लिया सरवीण चौधरी भाजपा की वरिष्ठ नेता व मंत्री सरवीण चौधरी और राजीव सैजल ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा जारी चुनाव घोषणा पत्र को देश की सुरक्षा पर क्ररतम प्रहार करार दिया है सरवीण चौधरी और राजीव सैजल ने आज एक बयान में कहा कि कांग्रेस ने देशद्रोह की धारा हटाने का वायदा कर ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ है इस बीच भाजपा उपाध्यक्ष व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के चुनाव प्रभारी प्रवीण शर्मा ने कांग्रेस पर चुनाव के दौरान झूठे वायदे करने का आरोप लगाया है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने दावा किया है कि पार्टी ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से एक मजबूत और सशक्त उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा है राठौर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि लोगों की भावनाओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद ही रामलाल ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा गया है उन्होंने दावा किया कि पार्टी के चारों प्रत्याशी मज़बूत हैं और पार्टी राज्य की चारों सीटों पर शानदार जीत दर्ज करेगी उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी जल्द ही बड़ी रैलियों का आयोजन शुरू करने जा रही है पार्टी की प्रचार समिति ने इसका पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है रामस्वरूप मण्डी संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद के मुद्दे पर हो रहे हैं राम स्वरूप शर्मा ने आज कुल्लू में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ रही है जबकि कांग्रेस परिवारवाद की उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए देश सर्वोपरि है जबकि कांग्रेस के लिए परिवार राम स्वरूप शर्मा ने दावा किया कि प्रदेश में जयराम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने के बाद विकास की गति बढ़ी है और अनछुए पर्यटक स्थलों को तराशा जा रहा है उन्होंने ये भी कहा कि रोहतांग सुरंग के तैयार हो जाने पर लाहौल स्पीति में पर्यटन को एक नई दिशा मिलेगी

पैराग्लाइडिंग कुल्लू ज़िला के डोभी में आज एक पैराग्लाइडर के क्रैश हो जाने से एक पर्यटक और एक पैराग्लाइडिंग पायलट की मौत हो गई मृतकों की पहचान केरल निवासी पर्यटक अल्थोवेफ वाचु और पायलट नरेश के रूप में हुई है नरेश कुल्लू के जिंदौड़ गांव का रहने वाला था पुलिस के अनुसार ये एक टैंडम फ्लाइट थी और दोनों ने आज सुबह फ्लाइन से उड़ान भरी तथा डोभी में उनका पैराग्लाइडर क्रैश हो गया काफी ऊंचाई से गिरने के कारण पर्यटक वाचु ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि नरेश की अस्पताल में मौत हुई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरम्भ कर दी है जागरूकता मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ज़िला निर्वाचन कार्यालय मण्डी द्वारा आज सेरीमंच में एक मैराथन का आयोजन किया गया

उन्होंने इस मौके पर कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के वास्ते चलाया जा रहा सप्रेम अभियान मतदान के दिन तक जारी रहेगा

उन्होंने मैराथन दौड़ के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया शतरंज इस बीच ज़िला मण्डी शतरंज संघ द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए बग्गी में शतरंज मैराथन का आयोजन किया गया

स्कूल चम्बा ज़िला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर का राजकीय उच्च विद्यालय अनानेहर शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है इस कारण बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हुई है

स्कूली विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों की मांग है कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यहां तुरंत शिक्षकों के खाली पदों को भरा जाए

उन्हें ये पुरस्कार दिल्ली की एक प्रतिष्ठित संस्था द्वारा गुड़गांव में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया जबना चौहान को ये पुरस्कार उनके द्वारा समाज के उत्थान के लिए किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है नवरात्रे चैत्र नवरात्रे के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की गई ब्रह्मचारिणी ज्ञान वैराग्य और ध्यान की देवी मानी जाती है इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा

सोलन स्थित मां शूलिनी के मंदिर में आज दूसरे दिन भी श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ी इस मौके पर भक्तों का कहना था कि जो भी यहां आता है वह खाली हाथ नहीं जाता श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के लिए मंदिरों में व्यापक प्रबंध किये गए हैं

इस मार्ग के खुल जाने से स्पीति उपमण्डल का अंतिम गांव लोसर फिर से सड़क सुविधा से जुड़ गया है हालांकि ग्राम्फू काजा मार्ग को खोलने में अभी एक महीने से अधिक समय और लगेगा पत्र चम्बा ज़िला परिषद के किलोड़ वॉर्ड के सदस्य ललित ठाकुर ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को पत्र लिखकर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बतोट में अध्यापकों की भारी कमी का मामला उठाया है ललित ठाकुर ने राज्यपाल को लिखे पत्र में आग्रह किया है कि वह प्रदेश सरकार को इस स्कूल में शिक्षकों के बड़ी संख्या में रिक्त पड़े पदों को तुरंत भरने के निर्देश जारी करे ताकि यहां पढ़ रहे विद्यार्थियों का भविष्य सुधारा जा सके